आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निर्वेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केन्द्र को भेजे जाने वाले ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है श्री गहलोत ने आज आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस ज्ञापन को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री आज जोधप्र में मंडल सतरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता और रैली के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आने देगी

इस बारे में नीति आयोग ने ताजा रैंकिंग जारी की है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इस रैंकिंग में बारां चौथे स्थान पर रहा और सिरोही जिर्ले ने छठे स्थान पर कब्जा जमाकर देशभर में ख्याति पाई

जिला प्रशासन ने पंचतीर्थ स्नान में श्रद्वालुओं की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं

घाटों पर गहराई वाले स्थानों पर पानी में लाल झंडियां लगाने के साथ ही गोताखोरों को श्रद्वालुओं की मदद के लिए लगाया गया है पांच दिन के धार्मिक मेले के लिए राजस्थान रोडवेज कल से पुष्कर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू करेगा

झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज सिख संगत ने प्रभारी फेरी निकाली

इसमें बीकानेर और झुंझुनू के युवा भाग ले रहे हैं